प्रदेश के पांच कृषि विश्वविद्यालयों को अध्यापकों को सातवें वेतन आयोग के अनुरूप मिलेगा नया वेतनमान

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्तर पर घायलों और पीडितों के परिजनों को कोई परेशानी ना हो ये सरकार की प्राथमिकता रहेगी

इस दौरे में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा प्रभारी मंत्री बी डी कल्ला और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी भी उनके साथ रहे केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आज जसोल में हुए हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलकर ढांढस बंधाया उन्होंने पीड़ित परिवारों को हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया श्री कैलाश चौधरी ने नाहटा अस्पताल में पहुंचकर घायलों से मुलाकात की उन्होंने घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों और चिकित्सकों को घायलों के उपचार के लिए आवश्यक निदेश दिए श्री चौधरी ने मृतकों के अंतिम संस्कार में भी भाग लिया

हमारे बाड़मेर संवाददाता ने बताया कि पूरे जसोल और बालोतरा में इस दौरान गमगीन माहौल रहा

लोकसभा में प्रस्ताव केन्द्रीय राज्य मंत्री प्रताप चन्द्र षडंगी ने पेश किया उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं की सफलता पर चर्चा की उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने मोदी सरकार पर भरोसा जताते हुए मतदान किया उन्होंने कहा कि देश के विकास में केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चर्चा की शुरूआत की

उन्होंने दो साल के लिए जाम्बिया के लुसाका में भारतीय सैन्य सलाहकार टीम के मुख्य सलाहकार के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में आज एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी

श्री गहलोत ने कहा है कि जिला प्रभारी मंत्री इन बैठकों में बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली परियोजनों की क्रियान्विति की प्रभावी समीक्षा करेंगे

मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि सरकार ने अब तक चल रहे आवेदन भरकर पंजीयन और नवीनीकरण करने के बजाय वेबसाइट जारी कर उस पर इन्हें कराने के निर्देश दिए है इस पूरी प्रक्रिया की राज्य स्तर पर निगरानी की जाएगी

श्री जावड़ेकर ने आज राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए पूरी तरह से गंभीर है और इसके लिए संबंधित प्रावधानों में बदलाव किया जा रहा है

इसके अलावा विदेशों से प्लास्टिक कचरा आयात किया जाता है सरकार ने इसे नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाये है

बालाकोट में वायुसेना की कार्रेवाई के बारे में वायुसेना अध्यक्ष ने कहा कि भारत ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लियो लेकिन पाकिस्तानी सेना हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में नाकाम रही

आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गुर्जर ने कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग आंकड़ों में फेरबदल कर गुमराह कर रहा है उन्होंने कहा कि आयोग की हठधर्मिता से गुर्जर समाज आहत हआ है

साथ ही विभाग ने पूर्वी राजस्थान में एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी भी जारी की है मौसम विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार आज सीकर अजमेर जयपुर और अलवर जिलों में तेज हवाओं के साथ मेघ गर्जन और बारिश की संभावना है

इस बीच आज जयपुर प्रतापगढ़ राजसमंद झालावाड सहित कई स्थानों पर उमस भरी गर्मी का जोर रहा

परीक्षा में असफल रहने वाले व्यक्तियों को फिर कभी मेट के रूप में नहीं लगाया जाएगा जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने इस बारे में सभी विकास अधिकारियों को निर्देश दिए है